जदयू राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक के विरोध में मतदान नहीं करेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की ऋण माफी को लेकर कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऋण माफी के बारे में कांग्रेस ने किसानों से बड़े बड़े वायदे किये लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया गया

श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था उन्होंने कहा कि वे इसमें जय अनुसंधान जोड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले महीने से पटनावासियों को पाईप लाईन से रसोई गैस की आपूर्ति होने लगेगी आज पटना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि अब तक साढ़े पांच हजार घरों तक पाईप लाईन का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है उन्होंने कहा कि मार्च महीने तक पटना में तीन सीएनजी स्टेशन काम करने लगेंगे श्री मोदी ने कहा कि अभी बिहार में अड़सठ प्रतिशत घरों में एलपीजी कनेक्शन है और जल्द ही शत प्रतिशत घरों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो जायेगी केन्द्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मूद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का स्वागत किया है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर समझौता नहीं करने के लिये जाने जाते हैं उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इसका हल भी न्यायालय से ही होगा आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री पासवान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के सभी घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करेगा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि तीन तलाक के मुद्दे पर सभी दलों का राजनीतिक समर्थन जरूरी है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री त्यागी ने कहा कि इस विधेयक में सुधार का पार्टी समर्थन करती है उन्होंने कहा कि विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए हालांकि श्री त्यागी ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा में जदयू सरकार के खिलाफ वोटिंग नहीं करेगा राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती एक बार फिर पाटिलपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता लालू प्रसाद ने इस बात पर सहमति जतायी है श्री यादव ने पार्टी नेता और विधायक भाई वीरेन्द्र के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसी के बयान देने से कुछ नहीं होगा गौरतलब है कि भाई वीरेन्द्र ने पाटिलपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही थी जदयू के पूर्व विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी रेणु सिंह को पुलिस ने आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने राजू सिंह को सात दिनों की रिमांड पर लिया है राजू सिंह पर आरोप है कि नये साल के जश्न के दौरान दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर उसने फायरिंग की जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी बाद में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी पुलिस ने फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान एक राइफल और पांच सौ से अधिक कारतूस बरामद की है राजू सिंह की पत्नी पर साक्ष्य छुपाने का आरोप है नालंदा जिले के काकोबिगहा मघड़ा सराय गांव में राजद नेता की हत्या से आक्रोशित भीड़ द्वारा दो लोगों की पीट पीटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है राज्य में बर्ड फ्लू से पक्षियों की हुई मौत के बाद आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने पीएमसीएच का दौरा किया इस दौरान टीम ने बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की इधर पटना के कला और शिल्प महाविद्यालय में कई पक्षियों के अचानक मौत हो जाने के बाद बर्ड पलू की आशंका को देखते हुए कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है पिछले कुछ दिनों के दौरान यहां कई कौवे मृत पाये गये थे इधर नवादा जिले के नरहट प्रखंड के बलिपुर गांव में भी लगभग पचास कौवे मृत पाये गये जिसके बाद पक्षियों के नमूनों को जांच के लिये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेज दिया गया है जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आयी हैं वहां सतर्कता बढ़ा दी गयी है इस बीच तीन दिनों के दौरे पर कल केन्द्रीय टीम पटना आ रही है छह सदस्यों वाली टीम बर्ड फ्लू से प्रभावित पटना जैविक उद्यान समेत अन्य इलाकों का दौरा करेगी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा दिन के समय धूप खिली रहेगी और सुबह तथा शाम में ठंड और कनकनी का असर बना रहेगा पिछले चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर जिले का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं गया का भी न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव छह भागलपुर का नौ दशमलव एक और पूर्णिया का छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इधर ठंड को देखते हुए खगड़िया जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को कक्षा आठ तक की पढ़ाई पांच जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है वहीं बेगूसराय में अब विद्यालयों का संचालन दस बजे दिन से तीन बजे तक होगा पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्न की चौवालीसवीं पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर उनके शहादत स्थल समस्तीपूर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर ललित बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया जाने माने गांधीवादी और मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी का आज निधन हो गया वे इक्यानवे वर्ष के थे उनके निधन पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जतायी है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों वंदना प्रेयसी और एन श्रवण कुमार को सचिव स्तर में प्रोन्नति दी है साथ ही बीस प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी रोड में एक निजी बैंक से अपराधियों ने लगभग सात लाख रूपये लूट लिये वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि चार की संख्या में आय अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी जारी है

बिहार नेत्रहीन परिषद् द्वारा आज पटना में लुई ब्रेल की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में दृष्टि दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस में रह रहे पारा मेडिकल छात्रों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव में अपराधियों ने एक बीमा कंपनी के अभिकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित केन्द्रीय कारागार में आज पुलिस ने छापेमारी की इस दौरान कई वार्डो से आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये

जदयू राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक के विरोध में मतदान नहीं करेगा